भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा सबको सुरक्षा और सबको सम्मान दिलाना हमारा प्रण है

रैली में लोगों को आग से बचाव की जानकारी दी गई

स्लग लोकसभा चुनाव लोकसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी हैं विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहें है तेरह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के एक सौ सोलह क्षेत्रों में मंगलवार को वोट डाले जाएंगे गुजरात के सभी छब्बीस केरल के बीस महाराष्ट्र और कर्नाटक के चौदह चौदह उत्तर प्रदेश के दस छत्तींसगढ़ के सात ओडिशा के छह बिहार और पश्चिम बंगाल के पांच पांच असम के चार गोवा के सभी दो जम्मू कश्मीर दादरा नगर हवेली दमन दीव और त्रिपुरा की लोकसभा की एक एक सीट के लिए मतदान कराया जाएगा

श्री मोदी ने कहा कि सबको सुरक्षा और सबको सम्मान दिलाना हमारा प्रण हैं बहन बेटियों को अपमान न सहना पड़े इसके लिए हमने दो बड़े कानून बनाये हैं बलात्कार जैसे अपराध पर हमने फांसी का प्रवधान किया हैं इसी तरह मानव तस्करी से जुड़ा एक बहुत ही सख्त कानून हमने बनाया हैं श्री मोदी ने कहा कि अगर एनडीए सरकार सत्ता में वापस आती है तो घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं जाएंगे उन्होंने कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने का जो काम अध्रा रह गया है उसे प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के सुपौल में एक रैली की उन्होंने वायदा किया है कि अगर उनकी पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया तो महिलाओं को संसद और सरकारी सेवाओं में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा

स्लग चारधाम हरिद्वार हरिद्वार में चारधाम यात्रा की तैयारी के सिलसिले में राष्ट्रीय राजमार्गो को सुगम और दुर्घटनारहित बनाने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण कमेटी का गठन किया गया है जिलाधिकारी दीपक रावत के आदेश पर गठित कमेटी सभी राजमार्गों की जांच कर तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी लोकनिर्माण विभाग की अगुवाई में संयुक्त सर्वेक्षण समिति का गठन किया कमेटी ये सुनिश्चित करेंगी कि जहां जहां पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है और जहां पर दुघर्टना की संभावना बनी रहती है उनका सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाए

गौला नदी के पास श्रमिकों की झोपड़ियों में भीषण आग लग गई इस दौरान करीब आधा दर्जन झोपड़ियां आग में जलकर राख हो गईं

सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम वहां पहुंच गई स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझायी गई पुलिस मामले की जांच कर रही है

रैली में शामिल अग्नि शमन कर्मचारियों ने आम जनता को आग से बचाव की जानकारी दी प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गणेश चंद्र सिंह ने बताया कि आग से बचाव जरूरी है छोटे बच्चों को किसी भी दशा में माचिस न दें और जलते हुए बीड़ी सिगरेट के टुकड़े रास्ते में न फेंके उन्होंने कहा कि खलिहान को तालाब अथवा अन्य पानी के साधनों के निकट ही स्थापित करें गेहूं की कटाई के बाद डंठल न जलाएं इससे आगजनी की घटना होती है जागरुकता रैली में खुले में आग जलाने से भी मना किया गया लोगों को समझाया गया कि भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग ठीक तरह से बुझा दें साथ ही गैस पर खाना पका रहे हैं तो रेग्यूलेटर को भोजन बनाने के बाद जरूर बंद कर दें

वैज्ञानिकों ने लार में मौजूद कुछ प्रोटीनों की पहचान की जिससे स्तन और ओवरी कैंसर का पता चल सकता है शोध की खास बात यह है कि लार से जांच होने की वजह से मरीज को सुई भी नहीं लगानी होती है तीन चक्रीय कीमोथैरेपी करा चुके मरीजों की लार के प्रोटीन से यह भी पता चल सकता है कि मरीज पर थैरेपी का क्या असर हो रहा है स्तन और ओवरी कैंसर का अभी तक खून के नमूनों से जांच करने का चलन रहा है आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर किरण अम्बटीपुड़ी का कहना है पिछले एक साल से इस प्रोटीन की खोजने पर काम किया जा रहा है

स्लग हथिनी इलाज रामनगर में वन विभाग की देखरेख में रखी गई लक्ष्मी नाम की हथिनी की तबियत पिछले तीन दिनों से खराब है तीन चिकित्सक उसके इलाज में जुटे हैं वन विभाग ने दक्षिण अफ्रीका के चिकित्सकों से भी हथिनी के उपचार के लिए परामर्श लेने का निर्णय लिया है लक्ष्मी हथिनी को दो दिन से क्रेन के सहारे खड़ा किया गया है रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ बीपी सिंह ने बताया कि हथिनी के अगले बांये पैर में संक्रमण हो गया है जो इलाज के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है हालांकि उसकी हालत में पहले से सुधार है दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर वन विभाग में सात निजी पालतू हाथी रखे गये हैं लक्ष्मी उन्हीं में से एक है गौरतलब है कि इन हाथियों को कुछ साल पहले दक्षिण अफ्रीका से यहां लाया गया था